और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से लोगों को ठंड से मामूली राहत

व्यापार जगत वेतनभोगी वर्ग समेत सभी को इस बजट को लेकर उत्सुकता है वित्त मंत्री इस बजट में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने और युवाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर का बनाने के प्रधानमंत्री के ध्येय के अनुरूप भी व्यापक घोषणाएं की जा सकती हैं वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति संतुलित रही है जिसके कारण वित्त मंत्रालय के उत्तरदायित्व और उससे अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है वित्त मंत्री सीतारामन दूसरी बार आम बजट पेश करेंगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज सुबह दस बजे से बजट दो हजार बीस इक्कीस पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा बजट का गहन विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन और बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल होंगी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर आफिशियल ट्विटर हैंडल ए आई आर न्यूज अलर्ट्स फेसबुक तथा हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध है संसद के पटल पर पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में महंगाई दर देश में सबसे कम है जबकि मांसाहार दूसरे राज्यों की तुलना में महंगा है पिछले साल की तुलना में राज्य की महंगाई दर दो प्रतिशत घटी है फिलहाल राज्य में महंगाई दर तीन प्रतिशत है बिहार के पड़ोसी राज्यों झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में महंगाई दर यहां से अधिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दलों से कहा है कि सीएए के मुद्दे पर रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है बल्कि इस मामले में अक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखना है बजट सत्र के लिये रणनीति तैयार करने के लिये आयोजित एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष सीएए के मुस्लिम विरोधी होने का दुष्प्रचार कर रहा है जबकि सच्चाई यह है कि हमारे लिये अल्पसंख्यक भी उतने ही अपने है जितने दूसरे नागरिक पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मोहित कुमार साह की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान फजी पाये गये लगभग तेरह सौ शिक्षक अभी भी गलत तरीके से वेतन और अन्य सुविधाएं ले रहे हैं साथ ही इस मामले में अब भी एक लाख शिक्षकों का फोल्डर जांच के लिये नहीं मिला है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार लकड़ी उद्योग स्थापित करने वालों को रियायत देगी उन्होंने कहा कि इसके लिये विधानमंडल के बजट सत्र में विधेयक लाया जायेगा श्री मोदी ने पटना में दो हजार बीस इक्कीस की बजट पूर्व परिचर्चा में कहा कि अगले तीन वर्षो में वन विभाग की ओर से सात करोड़ सत्तर लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है जिसपर दो हजार सात सौ छप्पन करोड़ रूपये खर्च होंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन को लेकर अनुसंधान जारी है इसी के तहत सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में एक हेक्टेयर क्षेत्र में मौसम के अनुकूल खेती करना तय किया गया है अगले पचास वर्षो तक इस क्षेत्र में संरक्षित खेती के तरीके अपनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश के लिये मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी किसानों की बात कृषि मंत्री को साथ कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किसानों से बात करते हये उन्होंने कहा कि इस वर्ष दस हजार एकड़ में जल संरक्षण किया जायेगा उन्होंने कहा कि पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में संविदा पर पैंतीस सौ पदाधिकारियों और कर्मियों की जल्द बहाली की जायेगी राज्य सरकार ने मिड डे मील कर्मियों के मानदेय में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि की है बिहार राज्य मध्याहन भोजना योजना समिति के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में यह वृद्धि की गयी है चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के मानदेय में सबसे कम अठारह सौ रूपये और अकाउंट अफसर के मानेदय में सबसे अधिक छह हजार छब्बीस रूपये तक की बढ़ोतरी हुयी है यह आदेश आज से प्रभावी हो गया है राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है लेकिन न्यूनतम तापमान कई स्थानों पर दस डिग्री से कम होने के कारण ठंड और कनकनी बनी हुयी है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी साथ ही सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में चार फरवरी को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है युनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आहवान पर कल से शुरू बैंकों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज भी जारी है हड़ताल के कारण राज्य के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में कामकाज बाधित हुआ है कई स्थानों पर एटीएम में कैश खत्म होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है राज्य में साढ़े सात हजार करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है बिहार पूलिस अवर सेवा आयोग के ओएसडी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा है कि दारोगा सार्जेन्ट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर बहाली के लिये हुयी लिखित परीक्षा के परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुयी है परीक्षा परिणाम मापदंडों के अनुरूप जारी हुआ है उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है तीन फरवरी से शुरू हो रही बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के संचालन के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है यह नियंत्रण कक्ष दो फरवरी से तेरह फरवरी तक चौबीसों घंटे कार्य करेगा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर परीक्षार्थी शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में बीती रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में हुयी हिंसक झड़प में दारोगा समेत आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घायल पुलिसकर्मियों को पीएमसीएच जबकि छात्र को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है

पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे सीके नायडू क्रिकेट चैंपियनशिप में बिहार ने नागालैंड के खिलाफ बड़ी बढ़त बना ली है बिहार पारी की जीत से सात विकेट दूर है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सूर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है जीडीपी छह दशमलव पांच प्रतिशत रहने का अनुमान प्रभात खबर ने आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है जितनी नरमी आनी थी वह आ चुकी है अगले वित्त वर्ष में बढ़कर छह से छह दशमलव पांच फीसदी के बीच होगी ग्रोथ दैनिक जागरण का शीर्षक है एक दशक का एजेंडा तय करेगा बजट दैनिक भास्कर ने निर्भया के दोषियों को फांसी टलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये सुर्खी दी है फांसी अनंत में अटकी मां बोली समाज और अदालतें सरेंडर कर दें दैनिक आज का शीर्षक है दो हजार बारह के अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों छठे चरण में नियोजन के लिए पात्र

और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से लोगों को ठंड से मामूली राहत